केन्द्र सरकार ने इटली ईरान दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों के आज तक जारी किये गये सभी नियमित और ई वीज़ा तत्काल लिए प्रभाव से रद्द किये

कांग्रेस विधायकों द्वारा आज काले कपड़े के पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया गया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने ीजेपी जेजेपी सरकार का संयुक्त न्यूनतम सांझा कार्यक्रम न आने पर सवाल खड़े किये

एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत में आने वालें लोगों की जांच से लेकर चिकित्सा सहायता देने तक विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रहे है उन्होंने आश्वासन दिना कि घाराने की जरूरत नहीं है ाल्कि आत्म सुरक्षा के लिए साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिला दिवस के दिन वे अपने सोशल मीडिया अकांऊट को उन महिलाओं को समर्पित करेंगे जिनके जीवन और कार्यो ने लोगों को प्रेरित किया है

चुनिंदा प्रविष्टियों को प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया अकांऊट के माध्यम से द्निया के साथ अपने विचार सांझा करने का अवसर मिलेगा केन्द्र सरकार ने इटली ईरान दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों के लिए आज तक जारी किये गये सभी नियमित और ई वीज़ा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिये है स्वास्थ्य मंत्रालय ने संशोधित यात्रा एडवाईज़री जारी करते हये कि आवश्यक कारणों से भारत की यात्रा करने वाले लोगों को अपने निकटतम भारतीय द्रतावास से नये सिरे से वीज़ा लेना होगा इससे पहले चीन के नागरिकों के लिए पिछले महीनें की पांच तारीख या उससे पहले रद्द किये गये नियमित वीज़ा अ भी रद्द रहेंगे चीन ईरान इटली जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा करने वाले सभी विदेशी नागरिकों जिन्होंने पहली फरवरी को या उसके शाद भारत में प्रवेश नहीं किया है उनके वीज़ा भी रद्द रहेंगे संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी दूत और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थायें एवं इन देशों के विमान चालक दलों के सदस्यों पर भारत आने के लिए कोई पांधदी नहीं है

गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में इस वर्ष मानव अंगो की तस्करी के सम् ध मे कोई अभियोग अंकित नहीं हुआ है

ये इकाइयां पंचकूला गुरूग्राम फरीदा ाद मध्य़न हिसार भिवानी और रोहतक में स्थित है इनका मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी की रोकथाम ग्रमशुदा और भिखारी ाच्चों का ाचाव ाच्चों को ााल मजदूरी व लड़कियो को वेश्यावृति से ाचाना है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री द्ष्यंत चौटाला ने कहा कि कोसली विधानसभा क्षेत्र में तीन विश्राम गृह है इसलिए कोसली और जादूसाना में लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह का निर्माण विचाराधीन है उन्होंने कहा कि अगर रेलवे विश्राम गृह के निर्माण की संभावना है तो वे केन्द्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखेंगे

श्री यादव के पूरक प्रश्न पूछ दौरान यह कहे जाने पर कि विश्राम गह का निर्माण करवाया जा सकता है क्योंकि जादूसाना में भारत तिब्धत सुरक्षा श्ल का एक ड़ा प्रशिक्षण केन्द्र है और यहां एक ड़ा रेलवे स्टेशन है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखेंगे आज विधानसभा में कांग्रेसी विधायक कुलदीप वत्स ने घौलेदार और भोंडेदार ब्राह्माणों को दान में दी गई ज़मीन को वापिस लेने की कार्रवाई का मुद्दा उठाया और कहा कि जो ज़मीन पहले दान में दी जा चुकी है वो उनके पास रहने दी जाये इस मुद्दे पर सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवा न मिलने पर श्री कुलदीप वत्स ने सदन से वाकआउट कर दिया

सुरेन्द्र पवार ने कहा कि इस शारिश व ओलावृष्टि से सोनीपत समेत कई जगह नुकसान हुआ है और सोनपत के कई गांवों में गेहूं सरसों और जौ की फसल खरा हो गई है जिसका आंकलन करके किसानों को राहत दी जाये इस पर उप मुख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला ने जवा दिया कि मुख्यमंत्री पहले ही ता चुके है कि गिरदावरी के आदेश दे दिये है वहीं विधायक शमशेर गोगी द्वारा गिरदावरी के समय ईमानदारी न होने और एक की ज़मीन का न्कसान किसी द्रसरे का दिखाने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार उपग्रह से निगरानी कर रही है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने लाल डोरा मुक्त करने

उन्होंने कहा कि पंचायत की ज़मीन पर लोगों के कब्जे थे उनका क्या किया गया सरकार ने ताया कि कानून गो से लकर उपायुक्त तक ने गांवों में जा जा कर लाल डोरा मुक्त का काम किया है हरियाणा विधानसभा के जट सत्र के दौरान आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायक आज प्रदर्शन करते हये विधानसभा पहंचे सभी कांग्रसी विधायकों ने अपने कपड़ों पर अलग अलग नारों वाले काले कपड़े के पोस्टर लगा रखे थे प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने की विधानसभा में दाखिल होने से पहले उनको रोकने की कोशिश भी की गई लेकिन कांग्रेसी विधायक विधानसभा में काली पटटियां व नारे लिखे लेकर पहंच गये जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने विधायकों को ऐसा न करने की हिदायत देते हये कहा कि ऐसे सदन की मर्यादा भंग हो रही है आप ऐसा नहीं कर सकते पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने मीडिया से कहा कि पीजेपी और जेजेपी ने संयुक्त न्यूनतम सांझा कार्यक्रम तैयार करने की श्रात की थी लेकिन ये प्रदेश की जनता के साथ छलावे से अधिक कुछ नहीं है उन्होंने कहा कि अभी तक दोनों दलों का संयुक्त न्यूनतम सांझा कार्यक्रम सामने नहीं आया है और जनता हिसा चाहती है कांग्रेस की नारे ाज़ी पर श्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेसी अपना सयम भूल गये है ज पीजेपी के विधायक को विधानसभा के अंदर घुमने नहीं दिया जाता था पूर्व मुख्यमंत्री श्री हडडा द्वारा अध्यक्ष के समक्ष विधानसभा परिसार में गार्ड द्वारा नहीं घुसने देने का मुद्दा उठाने पर श्री अनिल विज ने ये प्रतिक्रिया दी कांग्रेसी विधायाकों द्वारा नारे ाज़ी की जवा में सतापक्ष के विधायकों द्वारा भी नारे ाज़ी की गई और नोंकझोंक भी हुई हरियाणा विधानसभा में आज जट पर फिर से चर्चा की गई चर्चा में भाग लेने के लिए अध्यक्ष द्वारा सभी पार्टियों के विधायकों को समय दिया गया लोगों ने चर्चा के दौरान अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाये वहीं सता पक्ष के विधायकों ने जहां जट की प्रंशसा की वहीं विपक्षी विधायकों द्वारा जट की कमियां गिनाई गई रादौर विधायक पिश्न लाल सैनी ने दाद्पुर नलवी का मुद्दा उठाया और कहा कि इस नहर को ांद करने से कई नहर इलाकों को काफी नुकसान होगा उन्होंने कहा कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र की कई सीटों पर चुनाव में हार हई

हरियाणा के सहकारिता मंत्री नवारी लाल ने कहा कि गन्नौर विधानसभा के गांवों ड़ी लल्हेड़ी कलां लल्हेड़ी खुर्द राजलू गढ़ी तथा भोगीपुर का भूमिगत जल शुद्व है फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो वहां जल की जांच की जाएगी वे विधानसभा के जट सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री की ओर से विधायक निर्मल रानी के एक प्रश्न का उतर दे रहे थे मंत्री ने कहा कि ाई़ी लल्हेड़ी कलां और लल्हेड़ी खुर्द गांवो के भूमिगत जल की भौतिक और रासायनिक जांच की जा रही है